् गूर्जर आरक्षण से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक सरकार द्वारा आंदोलन स्थगित करने की अपील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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

आज सुबह अपेक्षाकृत मतदान धीमा रहा लेकिन दोपहर तक मतदान ने रफ्तार पकड़ ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजप्रोहित ने जयप्र शहर के कई मतदान केन्द्रों को निरीक्षण किया और चुनाव के दौरान कोविड संक्रमण से बचाव के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया

हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि इन चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की साख दाव पर लगी है

जयपुर ग्रेटर जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण नगर निगमों में एक नवम्बर को मतदान होगा

इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी छह नगर निगमों में कांग्रेस की जीत का विश्वास व्यक्त किया है

उन्होंने कहा कि कोटा जोधप्र और जयप्र का और अधिक योजनाबद्ध तरीके से विकास हो सके इसके लिए नगर निगमों की संख्या बढ़ाकर छह की गई

इसके बावजूद कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई जिसमें गुर्जरों की विभिन्न मांगों को लेकर मंथन किया गया

उन्होंने कहा कि गूर्जर समाज को कोरोना को देखते हुए किसी तरह का आंदोलन नहीं करना चाहिए गौरतलब है कि गूर्जर समाज के नेताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक नवम्बर से आंदोलन से आंदोलन की चेतावनी दी है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी

उन्होंने कहा कि सभी को त्यौहारों के इस मौसम में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए

चयनित संदेशों को आगामी ब्लेटिनों में शामिल किया जाएगा

पाली में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिठाई और नमकीन की दुकानों पर कार्रवाई करने पहुंची टीम के डर से कई दुकानदारों ने दुकानें बन्द कर दीं

श्री त्यागी को प्रसारण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया

पिछले तीन चार दिनों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है